मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में कल देर रात तक शिमला में हई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

शिमला कालका फोरलेन निर्माण कार्य के लिए एक हजार पेड़ काटने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की वहीं कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों पर पर भी चर्चा की गई इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई विधानसभा शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज भी प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी

इसके अलावा सदन की समिति व विधानसभा कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाएगा

विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में तत्काल प्रभाव से ये आदेश लागू कर दिया गया है कई देशों में कोरोना वायरस के फैलाव को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज मंडी में खेले जाने वाली तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे इस मौके पर खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे

एमओयू प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से मिल्कफेड के उत्पाद बेचने को लेकर कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया

अब एक नजर अखबारों की सर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के फैसले और विधानसभा सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है विपक्ष के दबाव पर सरकार ने पलटा अपना ही फैसला प्रदेश में सस्ती नहीं बिकेगी शराब पंजाब केसरी का शीर्षक है मंत्री ही बनेगा एपीएमसी चेयरमैन दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल कैबिनेट में कोरोना पर मंथन दैनिक जागरण लिखता है शिमला कालका फोरलेन के लिए एक हजार पेड़ काटने का मंजूरी हिमाचल दस्तक के अनुसार बजट भाषण को मंत्रिमंडल की मंजूरी जबकि अजीत समाचार का कहना है मुख्यमंत्री ने की बजट सहित एपीएमसी एक्ट के मसौदे पर चर्चा बजट सत्र पर दिव्य हिमाचल व अमर उजाला की एक जैसी सुर्खी है पंचायतों में फंड मिसयूज की विजिलेंस करेगी जांच आपका फैसला का शीर्षक है बाहरी लोगों को नौकरी पर तपा सदन जयराम अग्निहोत्री में नोकझोंक दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं मुख्यमंत्री ने सदन में किया ऐलान भ्रष्टाचार की तीन महीने में पूरी होगी जांच दैनिक जागरण की एक खबर है बच्चों की जान लेने वाली दवा का सैंपल फेल मामला दर्ज इसी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है कालाअंब में बनी दवा से बच्चों की हुई थी मौत पांच लोगों पर एफआईआर जबकि अमर उजाला का कहना है कालाअंब के कोल्ड सिरप का सेंपल फेल कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस लाइसेंस निलंबित हिमाचल में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज आईजीएमसी में करवाया भर्ती शीर्षक से पंजाब केसरी ने खबर को प्रमुखता दी है जबकि दैनिक भास्कर ने लिखा है साउथ कोरिया से आए बिलासपुर के नागरिक में मिले कोरोना के लक्षण आईजीएमसी में एडमिट सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा

नमस्कार